मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों से होम क्वारंटीन का पालन करने का किया आग्रह

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी संबद्ध पक्षों को निवेशकों की समस्याओं का समाधान सक्रियता के साथ करने के निर्देश दिए हैं नई दिल्ली में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारों की आवश्यक मंजूरियां निवेशकों को निश्चित समय सीमा के भीतर मिल जानी चाहिए बैठक में देश में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने सहित कोविड महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेशकों को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई इस दौरान देश में तेजी से निवेश लाने की विभिन्न रणनीतियों और घरेलू क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श किया गया बैठक में कहा गया कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू किये गये सुधार जारी रहने चाहिए और औद्योगिक विकास व निवेश को बाधित करने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना चाहिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाले लोगों से होम क्वारंटीन का पालन करने का आग्रह किया है उन्होंने आज शिमला में कहा कि यह न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे व्यक्ति अपनी यात्रा की पूरी जानकारी दें और यदि उनमें सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से इसकी जानकारी साझा करें ताकि समय रहते उपचार किया जा सके जयराम ठाकुर ने पंचायत और स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों से भी बाहरी राज्यों से आए लोगों से होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करवाने को कहा है उन्होंने सभी लोगों से घरों से बाहर निकलते समय फेस मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बन जाएगा

उन्होंने कहा कि ये सभी सही मायनों में कोरोना योद्वा हैं और सम्मान के हकदार हैं शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहीं भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के उपनगर संजौली में कोरोना वॉरियर्स को आज फेस शील्ड वितरित किए उन्होंने कहा कि फेस शील्ड लगाने से कोरोना वारियर्स किसी नुकसान दायक कीटाणु के सीधे संपर्क में आने से बच सकेंगे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कर्फयू को सही ढंग से लागू करने के साथ साथ पुलिस द्वारा समाज सेवा के कई सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं बिक़म ठाकुर उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने कहा है कोरोना से उत्पन्न संकटकाल में ज़रूरतमंदों तक आवश्यक सामान पहुंचाने में सरकार बेहतरीन ढंग से कार्य कर रही है उन्होंने आज कांगड़ा के जसवां परागपुर में पात्र परिवारों को सहायता राशि वितरित करने के दौरान कहा कि प्रशासन के पास ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध है जिन्हें मौजूदा हालात में मदद की ज़रूरत है बिक़म ठाक़ुर ने साधन संपन्न लोगों से पीएम केयर और सीएम रिलीफ फंड में स्वेच्छा से अंशदान जमा करवाने का भी आग्रह किया गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन व कफ़र्यू के दौरान केंद्र सरकार द्वारा समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कांगड़ा जिला के किसानों को दो दो हजार रुपये अग्निम किश्त के रूप में मिले हैं जिससे वे बीज व कीटनाशक दवाईयां खरीद रहे हैं किसानों ने हमारे ज़िला संवाददाता संदीप कुमार से बातचीत में इस राशि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है

ये सेवा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर शुरू की गई है

इस सेवा के तहत मरीजों को प्रदेश के बाहर से भी दवाईयां मुहैया करवाई गई हैं

कोरोना मुक्त सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने बताया है कि कोरोना मुक्त होने और ग्रीन जोन में आने के बाद ज़िले में दवा उद्योगों में कामकाज शुरू हो गया है इसके अलावा जल्द ही अन्य उद्योगों को चलाने की अनुमति भी दी जाएगी

जिले में कोरोना के दो पॉजिटिव मामले सामने आने पर इन पंचायतों को सील किया गया था मशीन सिरमौर ज़िला मुख्यालय नाहन स्थित उपायुक्त कार्यालय में प्रदेश की पहली टच फी हैंड सैनिटाइजर मशीन स्थापित की गई है ये मशीन सेंसर आधारित है ऐसे में इसमें किसी भी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं है उपायुक्त आर के परूथी ने मशीन के श्भारंभ पर कहा कि ये मशीन संपर्क रहित है और इससे स्वच्छता बरकरार रहने से किसी भी संकमण से बचा जा सकता है

उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी प्रतिभा व कार्यशैली से विशेष पहचान बनाई और अपने कार्य कौशल के परिचय के साथ एक आर्दश स्थापित किया

राजकुमार शर्मा का कला व संस्कृति के संरक्षण और संवद्धर्न में भी अहम योगदान रहा है कोविड योद्वा लाहौल स्पिति जिले में कोरोना संक्रमण से लड़ाई में यंग ड्रूकपा ऐसोसिएशन के सदस्य कोविड योद्वा बने हैं सदस्यों ने आज केलंग में टैक्सी चालकों को सेनेटाईजर वितरित किए ऐसोसिएशन के अध्यक्ष सोनम जांगपो ने कहा कि संस्था के सदस्य पथ परिवहन निगम की बसों और टैक्सियों को रोज़ाना सैनेटाईज करते हैं ताकि किसी भी तरह का संकमण जिले में न पहुंच सके

रक्तदान शिमला के समीप शोघी में सुनील उपाध्याय ऐजुकेशनल ट्रस्ट ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया

उन्होंने कहा कि शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया